उन्होंने कहा कि क्छ मीडिया रिपोर्ट में इस बात को लेकर सवाल उठाये गये थे कि क्या नई शिक्षा नीति में आरक्षण जारी रहेगा श्री पोखरियाल ने कहा कि इस बात पर संदेह जताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश के शैक्षणिक परिद श्य में आरक्षण के प्रावधानों को कमजोर किया जा सकता है उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई नीट यूजीसी नेट तथा इग्नू की परीक्षाओं को शिक्षा नीति की घोषणा के बाद आयोजित किया गया और शैक्षिक संस्थानों में नियुक्तियां की प्रक्रिया भी पूरी हई लेकिन सरकार को आरक्षण के प्रावधानों को लेकर अभी तक एक भी शिकायत नहीं मिली है केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी की कर वसूली लगातार दूसरे महीने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रही है नवंबर में जीएसटी की वसूली एक लाख चार हजार नौ सौ तिरसठ करोड़ रुपये हुई जिसमें वार्षिक आधार पर एक दशमलव चार प्रतिशत वृद्धि हुई देश में पिछले तीन महीनों से जीएसटी की वसुली में निरंतर बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि कोरोना महामारी और उससे लड़ने के लिए किए गए लॉकडाउन के बाद देश में सामान्य स्थिति बहाल हो रही है जीएसटी से हुए कुल राजस्व संग्रह में केन्द्रीय जीएसटी की हिस्सेदारी उन्नीस हजार एक सौ नवासी करोड़ रुपये और राज्य जीएसटी का योगदान पच्चीस हजार पांच सौ चालीस करोड़ रुपये रहा है इसी प्रकार आईजीएसटी के खाते में इक्यावन हजार नौ सौ बानबे करोड़ रुपये और उपकर के अंतर्गत आठ हजार दो सौ बयालिस करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं प्रदेश विधान परिषद की स्नातक और रिक्षक क्षेत्र की ग्यारह सीटों पर हये मतदान की गणना कल होगी मतदान कल यानी एक दिसम्बर को सम्पन्न हुआ था निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव में पचपन दशमलव चार सात प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है इस चुनाव में कुल एक सौ निन्यानवे उम्मीदवार मैदान में हैं जिनमें से खण्ड स्नातक सीटों के लिये एक सौ चौवालिस और खण्ड शिक्षक सीटों के लिये पचासी उम्मीदवार हैं विधान परिषद की जिन ग्यारह सीटों के लिए मतगणना होगी उनमें से पांच खंड स्नातक और छह सीटें खंड शिक्षक क्षेत्र की हैं खंड स्नातक क्षेत्र की सीटें हैं लखनऊ आगरा मेरठ वाराणसी और इलाहाबाद झांसी शिक्षक क्षेत्र की सीटें हैं लखनऊ आगरा मेरठ वाराणसी बरेली मुरादाबाद और गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मामलों को रोकने में सफलता प्राप्त की है लगातार पच्चीस दिनों से नए मामलों की संख्या प्रतिदिन पचास हजार से कम रिकार्ड की जा रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान छत्तीस हजार छह सौ नए मामलों की पुष्टि हुई है जबकि इस दौरान पांच सौ एक लोगों की मौत हुई है वहीं लगभग तैंतालिस हजार संक्रमित इससे ठीक भी हुए हैं देश में अब तक लगभग नबे लाख लोग संक्रमण से उबर चुके हैं वही इससे स्वस्थ होने की दर भी बढ़ कर लगभग चौरानबे दशमलव शून्य तीन प्रतिशत तक पहुंच गई है वर्तमान में देशभर में संक्रमितों की संख्या केवल चार लाख अट्ठाईस हजार छः सौ चौवालिस रह गई है जो कूल मामलों का केवल चार दशमलव पांच एक प्रतिशत है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नए मामलों में अठहत्तर प्रतिशत संक्रमित लोग दिल्ली महाराष्ट्र केरल पश्चिम बंगाल हरियाणा और राजस्थान जैसे दस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से हैं मंत्रालय ने कहा कि देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं में बढोतरी कोविड से संबंधित केन्द्र के दिशा निर्देशों का राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा कडाई से पालन करने और चिकित्सकों चिकित्सा कर्मियों और अन्य कोरोना योद्वाओं के समर्पित कार्य की वजह से देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर लगातार बेहतर हो रही है मंत्रालय ने कहा कि इस संक्रमण से होने वाली मौतों की दर भी घटकर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत रह गई है कौशाम्बी जिले के शीतलाधाम कड़ा क्षेत्र में आज तड़के हये एक सड़क दुर्घटना में छः महिलाओ सहित आठ लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि दो अन्य गम्मीर रूप से घायल हो गये मरने वाले लोग एक चारपहिया वाहन में सवार थे पुलिस सुत्रों ने बताया कि द्र्घटना तब हयी जब सड़क पर खड़े एक चारपहिया वाहन को तेज रफ्तार से आ रहे बालू लदे ट्रक ने टक्कर मार दी वाहन में सवार छः महिलाओं और एक बच्चे ने तत्काल दम तोड़ दिया जबकि गम्भीर रूप से घायल चालक की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हुयी